दिल्ली की अदालत ने निर्भया सामूहिक द्वष्कर्म एवं हत्या मामले में चारों दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी किये फांसी तीन मार्च को स्बह छ बजे दी जायेगी हरियाणा में पूर्व बजट चर्चा आज पंचकूला में शुरू हुई सभी विधायकों ने पार्टी से ऊपर उठकर बजट के लिए सुझाव दिये आज दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में सात लोगों की मृत्यु हो गई जबकि सात गंभीर रूप् से घायल हो गये सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को सेना में इच्छ्क अधिकारियों को तीन महीनों के अंदर स्थाई कमीशन देने के निर्देश दिये है न्यायालय ने कहा है कि महिला अधिकारियों को कमाण्ड निय्क्तियां देने पर कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए न्यायामूर्ति डी वाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केन्द्र के स्थाई कमीशन ने देने के पीछे सामाजिक नियमों और शारीरिक बंदिशों के तर्क को नकार दिया है अदालत ने महसूस किया है कि महिला अधिकारी कमान निय्क्तियों के योग्य है और सेना में ऐसी नियुक्तियों से महिलाओ को वंचित रखना समानता के अधिकार के खिलाफ और तर्कहीन है पीठ ने कहा है कि सेना में लिंग भेद को खत्म करने के लिए सरकार को सोच बदलने की जरूरत है

महिला अधिकारियों ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रगतिशील और ऐतिहासिक बताते हये इस पर ख्शी प्रकट की है केन्द्रीय वाणिज्य एवं उदयोग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कि भारतीय उदयोग को मेंक इन इंडिया की अवधारणा को गति देने के लिए वैश्विक के मुताबिक काम करना चाहिए

उन्होंने कहा कि ये उद्योग की प्रतिस्पर्धा का निर्णायक कारक है उदयोग मंत्री आज नई दिल्ली में मेक इन इंडिया उत्पादों की लोगों द्वारा खरीद विषया पर आयोजित एक कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे कार्यक्रम में प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हये श्री गोयल ने उनसे उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग के पास अपनी शिकायते दर्ज करने का आग्रह किया है ताकि उसके अन्सार समाधान की योजना बनाई जा सके उन्होंने उद्योगपतियों से प्रतिक्रिया देने का भी आग्रह किया क्योंकि लोगों द्वारा मेक इन इंडिया उत्पादों की खरीद के समय उनकी अहम भूमिका रहती है मंत्री ने उद्यमियों और उद्योगपतियों से मेक इन इंडिया योजना उल्लेखित सभी खंडों का अध्ययन करने की भी अपील की दिल्ली की अदालत ने आज निर्भया सामूहिक दृष्कर्म तथा हत्याकांड मामले में चारों दोषियों के खिलाफ फिर से डेथ वारंट जारी कर दिये हैं दोषियों को तीन मार्च को सुबह छ बजे फांसी दी जायेगी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र राना द्वारा चारों दोषियों म्केश क्मार सिंह पवन ग्प्ता विनय क्मार शर्मा तथा अक्ष्य क्मार को जारी किये गये डेथ वारंट पर निर्भया की मां ने ख्शी व्यक्त की है और आशा जताई है कि आखिर तीन मार्च को उनकी बेटी के दोषियों को फांसी पर लटकाया जायेगा उल्लेखनीय है कि अदालत दवारा निर्भया के माता पिता और दिल्ली सरकार द्वारा नये डेथ वारंट जारी करने के लिए दायर की गई याचिका पर स्नवाई के बाद ये आदेश जारी गये केन्द्रीय खाद्य आपूर्ति उपभोक्ता एवं जनवितरण राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने कहा है कि जल्दी ही केन्द्र द्वारा एक नई स्कीम एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रे देश में लागू की जायग

गेहं की खरीद बारे अलग अलग खरीद एजेसियों का अधिकारियों से बातचीत करते हये श्री राव ने बताया कि आने वाले दिनों में इस योजना पर काम श्रू हो जायेगा और ये कार्ड बन जाने से देश भर में प्रवास के समय किसी को भी नया राशन के समय किसी को भी नया राशन कार्ड नहीं बनवाना पड़ेगा बल्कि एक ही कार्ड हर जगह चलेगा

बजट से पूर्व इस चर्चा में म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल तो इस बार वित मंत्री नाते पहली बार बजट पेश करेंगे विशेष तौर पर शामिल हो रहे है व्यक्तियों को अधिक से अधिक लाभ देने का प्रयास होगा और पिछड़े वर्गो के विकास पर विशेष ध्यान दिया जायेगा उन्होंने कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य स्रक्षा व स्वावलंबन पर बजट में ज़ोर दिया जा रहा है

बजट चर्चा में भाग लेने के बाद उप म्ख्यमंत्री द्वष्यंत चौटाला ने बताया कि आज पहले दिन किसान व य्वा वर्ग को लेकर चर्चा हई है और आंगनवाड़ी केन्द्रों को आध्निक प्ले वे स्कूल बनाने का सुझाव मिला है

वहीं इंडियन नैशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला ने बजट पूर्व चर्चा पर सवाल उठाते हये इसे औपाचारिकता और पैसे की बर्बादी बताया उन्होंने कहा कि बजट प्स्तिका छप च्की है और सरकार विधायकों का समय बर्बाद कर रही है

इस मौके पर आदमप्र स्टेशन पर डायमंड ज्बली समारोह का आयोजन हआ जिसमें वाय्सेना के बहादुर पायलटों ने आकाश मे अपने जौहर दिखाये बड़ी संख्या में सेवारत और सेवामुक्त अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद रहे

आज सुबह दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में सात लोगों की मृत्य हो गई और सात घायल हो गये

मृतकों की पहचान हिसार के मिल्कप्र निवासी दिनेश राजस्थान के हन्मानगढ़ जिले के सिलेवाला निवासी सचिन क्लदीप ओमप्रकाश और सोहनलाल तथा हनमानगढ़ के तलवाड़ा निवासी भूपेन्द्र सिंह के तौर हुई है घायल रोहताश श्रवण कुमार कुलदीप जतिन अभिषेक और विक्रम की हांसी के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है वहीं शवों को भी पोस्टमार्टम के लिए वहीं भेज दिया गया है एक अन्य सड़क द्र्घटन में भिवानी में बाइक सवार दो लोगों को एक अज्ञातवाहन ने टककर मार दी जिसमें चरखी दादरी निवासी एक बाइक सवार की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया दोनों को घायल अवस्था में सिविल अस्पताल लाया गया जहां दीपक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया प्लिसने जांच श्रू कर दी है

प्लिस प्रवक्ता के अन्सार आरोपित य्वक से बरामद की गई कार पर जाली नंबर प्लेट लगी हई थी उप प्लिस अधीक्षक आर्यन चौधरी ने बताया कि आरोपी ने स्वीकार किया है कि वह ओर उसके तीन अन्य साथी हेरोइन तस्करी का धंघा करते है वे यह हेरोइन दिल्ली में रहने वाले एक नाईजीरिया निवासी से लेकर आये थे आरोपी बलजीत सिंह ने खिलाफ कालांवाली थाने में मामला दर्ज किया गया है और नशा सप्लायर की तलाश की जा रही है यम्नानगर के जगाधरी छछरौली बिलासप्र व प्रताप नगर खंड में गेहूं की फसल में पीले रत्ए की बीमारी होने की जानकारी मिली है किसानों ने कहा है कि मौसम में हो रहे बदलाव से ये और फैल गई है जिसका गेहं की पैदावार पर असर पड़ेगा